इसके बाद कोविड योद्वाओं के लिए प्रभावी होगी एक नई बीमा पॉलिसी राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या अठाइस हजार दस हई रिकवरी रेट इक्यासी दशमलव नौ एक प्रतिशत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक की बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए प्रधानमंत्री ने शनिवार को कोविड और टीकाकरण स्थिति पर समीक्षा बैठक की थी उन्होंने इस महामारी की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए और अधिक सतर्कता बरतने को कहा था

इसके बाद कोविड योद्वाओं के लिए एक नई बीमा पॉलिसी प्रभावी होगी

इस योजना ने कोविड से लडने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से चर्चा की वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में बताया कि केंद्र सरकार जीवन और आजीविका को सामान्य बनाए रखने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है वित्त मंत्री ने उन्हें कोविड मामलों की हालिया वृद्धि से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों के बारे में भी बताया

उन्होंने कहा कि रेलगाड़ियों के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडरों और टैंकरों की आपूर्ति शुरू करने का फैसला लिया गया है एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में श्री गोयल ने कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की तेजी से आवाजाही और राज्यों को चिकित्सकीय ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध कराने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है

श्री गोयल ने कहा कि इस कदम से अस्पतालों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की जा सकेगी गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोविड की रोकथाम सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है एक टेलीविजन चैनल के साथ भेंटवार्ता में श्री शाह ने कहा कि भारत ने अब तक मुस्तैदी से कोरोना महामारी का सामना किया है और देश इसकी दुसरी लहर से भी बेहतर ढंग से निपटेगा उन्होंने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में भारत संक्रमण मुक्त होने की सर्वाधिक दर वाले देशों में है

सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि केन्द्र ने रेमडेसिविर इंर्जेक्शन के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है और इसकी उत्पादन क्षमता तीन गुना बढ़ाने का फैसला किया है श्री शाह ने कहा कि सरकार ने विदेशों में बने वैक्सीन को भी तेजी से मंजूरी देने का निर्णय लिया है राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की संभावना से इनकार करते हए गुहमंत्री ने कहा कि इस बारे में राज्यों को अपना फैसला लेना होगा

इनमें अठाइस हजार दस सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख तैंतीस हजार चार सौ उनासी मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार चार सौ छप्पन मरीज की मौत कोरोना से हई हैं

प्रदेश में अबतक चौसठ लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है

सिलेंडर फिर भरवाने के लिए अस्पतालों को अपने सिलेंडर लाने होंगे इफ्को से सिलेंडर लेने पर सुरक्षा जमा राशि ली जाएगी ताकि ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकी जा सके कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में देश के विभिन्न राज्य चिकित्सकीय ऑक्सीजन की भारी कमी से जुझ रहे हैं झारखंड सरकार ने कोरोना से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कॉमिशन जेपीएससी समेत कई परीक्षाओं को स्थगित करने के साथ ही स्कूल कॉलेज कोचिंग तकनीकी शिक्षा संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्रों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया है

खूंटी जिले में लगातार बड़ी संख्या में लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आपात बैठक में सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गए

यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग ने इस बारे में सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद यह तय किया कि मेडिकल ऑक्सीजन की बढती मांग पुरी करने के लिए ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगाना जरूरी है

परन्तु मंत्रालय ने कहा है कि यह रोक उन नौ उद्योगों पर लाग नहीं होगी जिनमें भट्टियों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पडती है अन्य उद्योगों से कहा गया है कि वें अपनी आंतरिक जरूरतों के लिए ऑक्सीजन बनाने के लिए उसके आयात या स्वयं की एयर सेपरेटर युनिटें लगाने जैसे वैकल्पिक उपायों पर विचार करें केन्द्र सरकार ने आठ चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति श्रंखला सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रावधानों में छह महीने की छूट दी है

इस छूट का लाभ सीटी स्कैन उपकरण एमआरआई उपकरण पीएटी उपकरण डायलिसिस मशीन एक्सरे मशीन और बोन मैरो सेल सैपरेटर पर मिलेगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यदि किसी आयातक या विनिर्माता ने केंद्रीय पंजीकरण प्राधिकरण या राज्य पंजीकरण प्राधिकरण के पास इन उपकरणों के आयात या विनिर्माण के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है तो उनका आवेदन वैध माना जाएगा

वर्चअल और फिजिकल किसी कोर्ट में अधिवक्ता शामिल नहीं होंगे झारखंड राज्य बार काउंसिल की जेनरल बॉडी की रविवार को हई बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया बार काउंसिल ने सभी जिलों के बार संघों और एडवोकेट एसोसिएशन को इस संबंध में पत्र भेज दिया है पश्चिमी सिंहभूम के गोईलकेरा थाना क्षेत्र के बुरुदईया गांव में अज्ञात अपराधियों ने दंपती की हत्या कर दी है पुलिस हत्या के कारणों की छानबीन कर रही है इधर गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के पंथा गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है

आईपीएल क्रिकेट में कल मंबई के वानखेडे स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को छह विकेट से हरा दिया

आज मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा